प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना से उन युवाओं महिलाओं और लोगों को नये अवसर मिले हैं जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिये मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना कई गुना राजगार बढ़ाने का काम कर रही है

श्री मोदी ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी आसानी से ऋण मिला है

कैराना लोकसभा क्षेत्र में तिहत्तर बूथों पर कल पूर्नमतदान कराया जायेगा जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने आज शामली में पत्रकारों को बताया कि कल मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है पोलिंग पार्टियों को गंतव्य स्थानों पर रवाना कर दिया गया है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं और सभी बूथों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है उन्होंने बताया कि शामली जनपद में पांच बूथ और सहारनपुर जिले की दो विधानसभा नकुड़ और गंगोह में अड़सठ बूथों पर कल पुर्नमतदान कराया जायेगा कल हुए कैराना उप चुनाव के मतदान में ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों की खराबी के मामले में शामली के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी थी वोटों की गिनती इकतीस मई को कराई जायेगी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज दिल्ली में समर्थन के लिए सम्पर्क अभियान की शुरूआत की जिसके तहत लोगों को नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी यह अभियान पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के निवास स्थान से शुरू किया गया पार्टी ने अगले वर्ष लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर एनडीए सरकार के चार साल पूरे होने पर यह अभियान आरंभ किया है इसके तहत श्री शाह कम से कम पचास लोगों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफल छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है उन्होंने प्रदेश की सुश्री नन्दनी गर्ग और रिमझिम अग्रवाल को विशेष तौर पर बधाई दी है लखनऊ में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से आये सत्रह सौ नौ मेधावी छात्रों को सम्मानित किया इनमें से राज्य स्तर के एक सौ छियालीस मेधावी विद्यार्थियों को एक लाख रूपये की धनराशि तथा जनपद स्तर के एक हजार पांच सौ तिरसठ मेधावी छात्रों को इक्कीस हजार रूपये का चेक तथा प्रशस्ति पत्र दिया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शार्टकट से जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्होंने छात्रों से तनाव से दूर रहने का आह्वान किया

केन्द्रीय मंत्रियों ने आज एनडीए सरकार की चार साल की उपलब्धियों की जानकारी दी राजनाथ सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षो में देश की अर्थ व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और एनडीए की सरकार ने देश में साफ सुथरी छवि का शासन स्थापित किया है उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश को दुनिया में सर्वोच्च सात देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है

उन्हाने कहा कि क्रूड आयल की कीमतों में वृद्धि होने से कुछ परेशानी हुई है लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी

यह किसी भी देश के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी यानी हमारे देश की आर्थिक ताकत दिनोंदिन मजबूत हो रही है उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए हर क्षेत्र में काम कर रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों के लिए आयुष्मान भारत के अन्तर्गत महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने कहा कि जनधन योजना एक क्रांतिकारी कदम साबित हआ है उन्होंने कहा कि दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं कश्मीर सीमा सीज फायर पर एक प्रश्न के उत्तर में राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में कोई युद्ध विराम नहीं लागू किया है वरन् पवित्र रमजान महीने के चलते ऑपरेशन की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है बाइट रमजान एक माइनॉरिटीज का मुस्लिम समाज का एक पवित्र त्यौहार होता है इस बात को ध्यान में रखकर यह सस्पेंशन ऑपरेशन किया गया था लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर हम इस ऑपरेशन को रिज्यूम करेंगे या प्रारंभ करेंगे हमने अपने सुरक्षाबलों का और अपने सेना के जवानों का हाथ बांध के नहीं रखा केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कानपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार रहे हैं इसके बावजूद वह देश की जनता के लिए विकास के नायक बन चुके हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने जातिवाद सम्प्रदायवाद और क्षेत्रवाद की सीमाओं को तोड़कर विकास का राष्ट्रव्यापी आन्दोलन शुरू किया है श्री नकवी ने कहा कि पिछले चार सालों के दौरान केन्द्र सरकार ने गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं और कमजोर वर्गो के विकास के लिए काम किया है केन्द्र सरकार के आतंकियों के विरूद्ध सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी जीएसटी और अन्य आर्थिक सुधारों से आज देश के लोग संतुष्ट है प्रदेश में कल आई आंधी और बेमौसम वर्षा से राज्य का मध्य और तराई क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है

सबसे ज्यादा छह लोगों की मौत उन्नाव जिले में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हुई है पिलीभीत जिले में तीन लोगों की मौत हुई है जहां आंधी तूफान के दौरान एक निर्माणधीन इमारत गिर गई कानुपर और रायबरेली में भी दो दो लोग इस तूफान का शिकार बनें जिसने कल शाम और आज सुबह देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई ज्यादातर मौते बिजली गिरने दिवारों के गिरने और पेड़ों के नीचे दबने से हुई ओले गिरने की वजह से तराई के इलाके में गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है असामान्य मौसम की वजह से पिछले एक महीने के भीतर प्रदेश में एक सौ चालीस से अधिक लोगों की जान जा चुकी है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस बीच केरल में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून तीन दिन पहले आज ही पहुंच गया है

मौसम विभाग ने इस बार सामान्य वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग ने आज तथा कल राज्य के बलिया देवरिया गोरखपुर कुशीनगर महराजगंज बलरामपुर बिजनौर तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी तथा गरज चमक के साथ बरसात होने की चेतावनी जारी की है इसके अ अलावा झांसी महोबा बांदा चित्रकूट इलाहाबाद कौशाम्बी फतेहपुर हमीरपुर जालौन औरैया इटावा फिरोजाबाद मैनपुरी कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों में और तेज गर्मी और लू की भविष्यवाणी की है आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्य तिथि पर उन्हें याद कर श्रद्वाजंलि अर्पित की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधान भवन स्थित चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्वाजंलि दी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किये अमरोहा में इस अवसर पर किसान भवन फतेहपुर और अतरासी किसान चौराहे पर आयोजित कार्यक्रमों में चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन आदर्शो पर प्रकाश डाला गया